प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे

इस बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश भर में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्कूली बच्चों समेत हर आयु वर्ग के लोग हिस्सा लेंगे राजधानी शिमला में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन अम्बेदकर चौक से रिज मैदान तक किया जा रहा है शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी कार्यक्रम में भाग लेंगे इस बीच कुल्लू में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिसमें करीब एक हजार लोगों ने भाग लिया

प्रदेश कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे व शिमला के रिज मैदान पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा संजय कुंड् मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू की अध्यक्षता में फोरलेन संघर्ष समिति की एक बैठक कल बिलासपुर में हुई बैठक में फोरलेन प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया

संजय कुंडू ने कहा कि फोरलेन निर्माण में जो भी रास्ते और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका संयुक्त सर्वे करवाया जाएगा उन्होंने आश्वासन दिया कि फोरलेन प्रभावितों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि उन्हें जायज अधिकार मिल सके

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शामिल होने से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है दैनिक जागरण की सुर्खी है बिना आरक्षण आसमान छएंगीं बेटियां

अमर उजाला के शब्द हैं देश को विकास में ऐसे आगे बढ़ाएं कि देखते रह जाए दुनियां पंजाब केसरी के अनुसार चौथी औद्योगिक कांति में भागीदारी को आगे लाएं युवा हिमाचल दस्तक के मुताबिक मेरिट में बेटियां देख खुश हुए राष्ट्रपति बोले लगता है अब बेटों को पड़ेगी आरक्षण की जरूरत अजीत समाचार लिखता है बेटियों का आगे निकलना सुनहरे भारत की झलक जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है अवसर आपार क्षमतावान युवा भी तैयार दैनिक जागरण मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है हवाई सेवा से जुड़ेंगे छह शहर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अपने विभाग संभालें मंत्री मुख्यमंत्री ने राजधर्म का हवाला देते हुए आपसी विवादों से दूर रहने के दिए निर्देश

आपका फैसला ने शीर्षक दिया है सरकार छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

हिमाचल में सौर उर्जा खरीदना जरूरी दैनिक जागरण की एक खबर है रेल यात्रियों का जायका बढ़ाएगा एचपीएमसी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है आईआरसीटीसी ने दी उत्पाद बेचने को मंजूरी अभी चंडीगढ़ शताब्दी में था उपलब्ध अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय गोधन को आश्रय में लिखा है कि बेसहारा पशुओं को सहारा देने को सरकार के प्रयास तभी सार्थक होंगे जब लोग भी इसमें सहयोग करेंगे दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने से हिमाचल को राष्ट्रीय परिपेक्षय में खड़ा करने का बड़ा अवसर मिला है आपका फैसला ने अपने संपादकीय राष्ट्रपति की शाबाशी में लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा देवभूमि को वीर भूमि कहना हिमाचल के लिए गौरव का विषय है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

नमस्कार